मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि दुराचारियों को सजा दिलाने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिये मध्यप्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है

चुनाव डाटा बेस प्रदेश में आगामी विघानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन पर्सेनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करने के लिए यह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कल लॉन्च किया आज से इसमें प्रविष्टि का काम शुरू किया जा रहा है

साथ ही उनके कार्यालयों में इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो अपने कार्यालय की जानकारी तैयार करते हुए ऑनलाइन इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सिस्टम साफ्टवेयर में दर्ज करेंगे

कॉन्फ्रेंस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम नगरीय विकास एवं आवास ऊर्जा पिछड़ा वर्ग कल्याण उच्च शिक्षा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विषयों पर भी चर्चा होगी

इस शोघ परियोजना से प्राप्त नतीजों से फसलों के चयन में आसानी होगी इस उपकरण से प्राप्त दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के विभिन्न प्रतिमानों पर रिसर्च की जा रही है तीस किलोग्राम वजनी डिसड्रोमीटर अत्याधुनिक उपकरण है जो वर्षा संबंधी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग में अहम भूमिका निमाता है

वर्तमान में नदी यहां खतरे के निशान से महज तीन मीटर नीचे बह रही है

भोपाल में आज से बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकिकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली से ई चालान भेजना शुरू कर दिया है

छापेमार कार्यवाही टीकमगढ़ जिले में आज लोकायुक्त पुलिस ने एक सहकारी समिति प्रबंधक के तीन ठिकानों पर छापा मारा ग्राम अचर्रा के सहकारी समिति प्रबंधक मुरारीलाल रावत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर टीकमगढ़ जिला मुख्यालय सहित अचर्रा गांव के ठिकानों पर छापा मारा गया है उन्होंने बताया कि अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है जांच के बाद ही आगामी कार्यवाही की जायेगी

वहीं पांच अगस्त को स्थानीय लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन में आयोजित सेमीनार में भाग लेंगे

साथ ही पूजा सामग्री और पॉलिथिन नर्मदा नदी में प्रवाहित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है